आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने उम्मीद जताई कि नए दशक में युवाओं की सामूहिक शक्ति से देश का और विकास होगा उन्होंने कहा कि आज की यूवा पीढ़ी बेहद प्रतिभाशाली है और लीक से हटकर कुछ नया कर दिखाना चाहती है प्रधानमंत्री ने लोगों से स्वदेशी की भावना को अपनाकर स्थानीय उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता देने का आहवान किया उन्होंने कहा कि हर नागरिक के लिए आत्मनिर्भर बनना और गरिमामय जीवन जीना बेहद जरूरी है प्रधानमंत्री ने लोगों को आने वाले दिनों में देशभर में मनाए जाने वाले त्योहारों की बधाई दी और कहा कि ये त्यौहार सभी को विविधता में एकता की याद दिलाते हैं बयान केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर कांग्रेस व विपक्षी दलों द्वारा लोगों को गूमराह न करने की सलाह दी है पालमपुर में आज एक राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने कहा कि ये अधिनियम नागरिकता लेने का नहीं बल्कि देने का कॉनून है उन्होंने कहा कि इस कानून के अंदर देश के किसी भी नागरिक को अपनी नागरिकता सिद्द करने या उनकी नागरिकता को छीनने का कोई प्रावधान नहीं है अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय मंत्री अभित शाह ने लाखों शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून बनाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को भी पूरा किया है अन्राग ठाकुर इस बीच केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकूर ने हमीरपुर में अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की

उन्होंने पंचायतों से ग्राम स्तर पर जल संरक्षण की दिशा में ठोस कार्य करने का आग्रह किया

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि इससे बच्चों को प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तायुक्त व संस्कारयुक्त शिक्षा देने में मेदद मिलेगी शिमला जिले में कोटखाई के बगाहर स्कूल के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी से बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा भी आरम्भ की जाएगी सुरेश भारद्वाज ने स्कूल में सामुदायिक पुस्तकालय का भी शुभारम्भ किया वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि देश का विकास शिक्षित और सफल नागरिकों पर निर्भर करता है ऊना ज़िले के कोटला कलां स्थित एक स्कूल के समारोह में उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और उनकी सफलता के पीछे अध्यापकों का अहम योगदान रहता है वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि स्कूलों में बेहतर शिक्षा सुविधाएं व आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार कृतसंकल्प है सैजल दूसरी ओर सोलन जिले के राजकीय विद्यालय सकोड़ी के समारोह में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया उन्होंने युवाओं को नशे की चपेट में आने से बचाने के लिए अभिभावकों और अध्यापकों से एकजुट होकर कार्य करने का आग्रह किया स्वागत प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने मंत्रिमण्डल की कल हुई बैठक में लिए गए फैसलों का स्वागत किया है एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं के लिए महिलाओं का शुल्क माफ कर सरकार ने लाखों महिलाओं को नए साल की सौगात दी है उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग के लिए योजनाएं बना रही है और इन पर धरातल पर काम हो रहा है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से विद्युत समस्याओं के समाधान सहित प्रदेश के युवाओं को रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे जीएसटी राज्य कर व आबकारी उपायुक्त कुलभूषण गौतम ने नाहन में जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के साथ एक बैठक की इस दौरान जीएसटी अधिनियम के तहत रिटर्न भरने सहित आईटीसी क्लेम के नए प्रावधानों की जानकारी दी गई

सराहना भाजपा जनजातीय मोर्चा ने रोहतांग टनल का नाम अटल टनल करने के केन्द्र सरकार के फैसले की सराहना की है